गिरिजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं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

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना कोविड के नये मामले और मृतकों की संख्या बढ रही है

इधर प्रदेश में सकिय मरीजों की संख्या करीब साढे नौ हजार के पार पहुंच गई है

सबसे ज्यादा सक्रिय मामले जयपूर जोधपूर कोटा अलवर उदयपूर और डूंगरपुर में सामने आ रहे है

प्रदेश में कोरोना संकमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हये विभिन्न जिला कलक्टरों द्वारा कोविड दिशानिर्देशों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिये गये है अलवर जिला कलक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने जिले में संकमण के फैलाव को देखते हये भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पूलिस को विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए

उन्होंने टविट कर आमजन से कोविड प्रोटोकॉल का गम्भीरता से पालन करने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढी है और बिना लक्षण वाले रोगी जानकारी के अभाव में प्रोटोकॉल का पालन किये बिना घूमते है जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है ऐसे में हम सभी को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है आज छूट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन का काम जारी रहा

महिलाओं में भी टीकाकरण को लेकर विशेष रूझान देखा जा रहा है

सवाईमाधोपूर जिले में मुख्यचिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने फलोदी टोडरा और लहसोड़ा क्षेत्रों का दौरा कर चिकित्सा संस्थानों में टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने टीका लगवाने आये लोगों से बातचीत कर अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की अपील की राजधानी जयपुर में जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज कलेक्ट्रेट में विभिन्न संगठनों निजी चिकित्सालय संचालकों की बैठक लेकर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और उससे जूड़ी भ्रांतियां दूर करने की बात कही उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अपने सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए शिविर आयोजित करवाने का भी आग्रह किया

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं

चयनित संदेशों को आगामी बूलेटिनों में शामिल किया जाएगा

इसके लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंजीकरण शिविर लगाये जा रहे है जैसलमेर जिले के गोमट में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने शिविर में पहुंचकर सभी पात्र परिवारों से इस योजना में पंजीयन करवाने का आहवान किया करौली जिले में भी शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामपंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थी परिवार के लिए पंजीयन शिविर लगाये गये है

इससे राज्य सरकार के पास कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों का पूरा डेटाबेस उपलब्ध रहेगा और विशेष परिस्थितियों में आवश्यक सूचनाएं और संदेश उन्हें भेजे जा सकेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूक्लियर पॉवर कोर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड मुम्बई के सहयोग से स्थापित होने वाली इस गैलरी के लिए एमओयू का अनुमोदन कर दिया है

इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के प्रति लोगों में जनजागरूकता लाना है इससे विद्यार्थियों की भी परमाणु ऊर्जा के बारे में समझ बढ़ सकेगी

यह अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा खुले में शौच मुक्ति पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जायेगी

एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी देते हुये बताया कि इससे यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित होगी

कल दोपहर तीन बजे तक उम्मीद्वार अपने नाम वापिस ले सकते है इसके साथ ही तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जायेगी इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा चूनाव चिन्हों का आवंटन किया जायेगा

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था इस अवसर पर लोग एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं सवाईमाधोपुर सहित प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुये थे

इस अवसर पर माता को ठण्डे पकवानों का भोग लगाकर स्वास्थ्य और खूशहाली की कामना की जाती है कोरोना प्रसार के कारण इस बार प्रदेशभर में पारंपरिक मेलों पर रोक लगाई गई है श्रद्वालुओं को कोरोना गाइड लाइन की पालना करते हुए ही मंदिरों में दर्शन की इजाजत दी गई है करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार दूसरे वर्ष कैलादेवी मेला स्थगित किया गया है

हालांकि तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण गर्मी का असर बना हुआ है

मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है